इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पूरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्यगुप्ता या चाणक्य ही याद आते हैं जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने शिक्षक ही सच्चेच राष्ट्र निर्माता है जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं शिक्षक की वास्त्विक सफलता है विद्यार्थी को अच्छार इंसान बनाना जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं हैं उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की इस अवसर पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरूजनों को नमन करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है उन्होंने ट्वीटर पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरू शिष्य का संबंध अद्भुत है अनुपम है गुरू भी गोविन्द तक पहुंचने का माध्यम है

जौनपुर में पत्रकार संघ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया

प्रदेश के इन तीन उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है एक रिपोर्ट शिक्षक दिवस पर जिले के तीन शिक्षकों को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में वर्चअल कार्यक्रम के अंतर्गत मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ विकास कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी की प्रधानाचार्या डॉ कंचन प्रभा शुक्ला और प्राथमिक विद्यालय भैसी की शिक्षिका रीना सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने तीनों शिक्षकों को सम्मानित किया कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक दिवस के मौके पर गुरूजनों को सम्मानित करना मेरे लिए गौरव का पल है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉ विकास कुमार माध्यमिक शिक्षा में ऑन लाईन एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं वह कहते हैं कि बाइट निश्चित रूप से बहुत खुशी का माहौल है हमारे कॉलेज में बच्चों में शिक्षकों में अभिभावकों में घर परिवार में बहुत अच्छा लग रहा है

शिक्षा के क्षेत्र में समर्पणभाव से ईमानदारी के साथ काम करने वाले शिक्षकों के सम्मान से एक अच्छा संदेश जाएगा और शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा रणवीर सिंह सैनी आकाशवाणी समाचार मुजफ्फरनगर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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए उन्होंने कहा कि यह समय चुनौतियों से भागने का नहीं बल्कि उनसे निपटने का है उन्होंने कहा कि महामारी के इस संकट काल ने हमें चुनौती के साथ साथ अवसर भी दिए हैं नई तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर मानव कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के बीच गरीबों तक अनाज और अन्य सुविधाएं पहुंचाए जाने और उनके बैंक खातों में सीधी मदद का उल्लेख किया

उन्होंने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यो की समीक्षा की

उन्होंने भूमि संबंधी विवादों को निस्तारित करने के लिये अभियान संचालित करने के निर्देश दिये हैं साथ ही चित्रकूट धाम मंडल में पाइप पेयजल योजनाआा को समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत में मत्युदर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

फिर भी अब तक कोरोना वायरस से एक भी कैदी की मौत नहीं हुई है इन जेलों के दो प्रतिशत से कम कैदी और कर्मचारी अब तक कोविड से संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी जेलों के सुरक्षित क्षेत्र की एक अनूठी प्रणाली बनाई गई है बफर सिस्टम के तहत हर नये कैदी को पहले अस्थायी जेल में रखा जाता है और दो बार उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद ही उसे सामान्य जेल में भेजा जाता है महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस सिस्टम को काफी सराहना मिली है और कई राज्य इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं

आनंद कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा होने वाला अवसाद अब एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इससे निपटने के लिए कैदियों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जितना यथासंभव हम जेल तंत्र के साथ मिलकरके बंदियों के साथ समन्वय बैठाएं उनकी मनोदशा को देखें

जहां जहां संभव होता है वीडियो कॉलिंग करा रहे हैं जिससे कि बंदी में अवसाद घर न करे